अब समाचार विस्तार से मोदी शपथ भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी कल शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे यह उनका दूसरा कार्यकाल होगा

इस समारोह में कई विदेशी मेहमानों को भी आमंत्रित किया गया है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कृमार ने बताया है कि समारोह में भाग लेने के बारे में बंगलादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्द्ल हामिद श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना किर्गिज़स्तान गणतंत्र के राष्ट्रपति सुरोनबे जीनबेकोफ और म्यामां के राष्ट्रपति यू विन मिंट की ओर से पुष्टि की गई है इसके अलावा मॉरिशस के राष्ट्रपति प्रविंद कुमार जुगनाथ नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भूटान के प्रधानमंत्री डॉ लोटे त्शेरिंग और थाईलैंड के विशेष दूत ग्रिसादा बूनराच ने भी समारोह में शामिल होने की पुष्टि की है जन सुनवाई चुनाव आचार संहिता हटने के बाद प्रदेश में कल से जनसुनवाई शुरू हुई जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत प्रत्येक मंगलवार को नागरिकों की समस्याएं सुनकर उनका निराकरण किया जाता है खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में आये लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही उपस्थित अधिकारियों को उनके निराकरण के निर्देश दिये ग्वालियर में भी कल जन सुनवाई में कई फरियादियों ने कलेक्टर अनुराग चौधरी को अपनी समस्याओं से अवगत कराया

उज्जैन देवास रायसेन नरसिंहपुर डिण्डोरी मंडला जबलपुर भिंड मुरैना शाजापुर बुरहानपुर सीहोर श्योपुर सहित विभिन्न जिलों से जनसुनवाई के समाचार मिले हैं तोमर राशन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि हर जरूरतमंद व्यक्ति को सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस से सस्ती दर पर राशन मुहैया कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि कालाबाजारी और वितरण में लापरवाही करने वालों से सरकार सख्ती से निपटेगी श्री तोमर ने यह बात कल मुरैना में योजनाओं की समीक्षा के दौरान कही

श्री तोमर ने कहा कि अधिकारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर कड़ी नजर रखें उन्होंने ऐसे दुकानदारों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए जो राशन वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतते हैं

बघेल विस्थापित नर्मदा घाटी विकास मंत्री सुरेन्द्र सिंह बघेल ने कहा है कि सरदार सरोवर बांध के विस्थापितों को सभी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाये

श्री बघेल कल इंदौर में सरदार सरोवर बांध के विस्थापितों संबंधी बैठक ले रहे थे बैठक में उन्होंने कहा कि विस्थापितों के पुनर्वास में धन की कमी नहीं आने दी जायेगी शहीद सहायता राशि छत्तीसगढ़ में पाँच अप्रैल को नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए भोपाल के सीआरपीएफ जवान हरीशचन्द्र पाल के परिजनों को राज्य सरकार ने एक करोड़ रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की है गृह मंत्री बाला बच्चन ने शहीद हरीशचन्द्र पाल के अदम्य साहस और वीरता की सराहना करते हुए उनकी शहादत को नमन किया

छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के थाना बोरई के जंगली क्षेत्र सालय घाट में नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान वे शहीद हो गए थे व्याख्यान भोपाल स्थित सप्रे संग्रहालय में आज दो व्याख्यान होंगे इसमें राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश समकालीन पत्रकारिता की चुनौतियां विषय पर अपनी बात रखेंगे वहीं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओमप्रकाश रावत चुनाव और मीडिया साख का सवाल विषय पर व्याख्यान देंगे

इस अवसर पर डॉक्टर मंगला अनुजा के शोधग्रंथ आधी दुनिया की पूरी पत्रकारिता का विमोचन भी किया जायेगा

मौसम विभाग का कहना है कि देश के मध्य क्षेत्रों में गर्म हवाएं चलने के कारण मैदानी इलाकों में प्री मानसून गतिविधियां प्रभावित हुई हैं

राजधानी भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में आकाश साफ रहेगा

उज्जैन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल उज्जैन जिला इस सीजन में सबसे ज्यादा गर्म रहा

वहीं खंडवा में भी गर्मी से जनजीवन प्रभावित हुआ है किसान आंदोलन किसानों को फसल का लाभकारी मूल्य दिलाने भावांतर का लंबित भुगतान और कर्जमाफी सहित किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर भारतीय किसान यूनियन और राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने प्रदेश में किसान आंदोलन का एलान किया है बताया जा रहा है कि यूनियन आज से आंदोलन करेगा तो महासंघ ने एक जून से गांव से शहर अनाज दूध सब्जी और फल की आपूर्ति बंद करने की रणनीति बनाई है किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने बताया कि किसानों की मांगों को लेकर कल कृषि मंत्री सचिन यादव को ज्ञापन सौंपा था उन्होंने बताया कि वार्ता में कृषि मंत्री ने आश्वासन तो दिए पर वे संतोषजनक नहीं रहे इसलिए हड़ताल होगी वहीं किसान मजदूर महासंघ के अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा कक्काजी ने कहा कि उनका आंदोलन एक से पांच जून तक प्रस्तावित है उधर सरकार किसान संगठनों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है सरकार ने भरोसा दिलाया है कि आमजन की जरूरतों से जुड़ी वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित नहीं होने दी जाएगी इसके लिए कलेक्टरों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है प्याज प्रोत्साहन शिवपुरी जिले में किसानों को प्याज का उचित मूल्य दिलाने के लिए मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना लागू की गई है

जिसका सत्यापन राजस्व एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा

सहायक संचालक उद्यान ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है रेलवे कोच रेल प्रशासन ने यात्रियों को सुविधा को देखते हए भोपाल के हबीबगंज से चलकर जबलपुर तक जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया है

भारत की ओर से कुलदीप यादव और युज़वेन्द्र चहल ने तीन तीन विकेट लिए

बंग्लांदेश की तरफ से रूबेल होसैन और शाकिब अल हसन ने दो दो विकेट लिए विश्व कप कल से आरंभ हो रहा है जिसमें मेज़बान इंग्लैंड का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा भारतीय टीम अपना पहला मैच पांच जून को दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी